छठ घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप प्रदेश में बाढ़ और सुखाड़ के कारण फसल को हये नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए कृषि इनप्रुट अनुदान के तहत छठ के बाद किसानों से ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे किसान इस योजना के लिए कृषि विभाग की वेबसाईट के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आवेदन प्राप्ति के बीस दिनों के अन्दर जांच प्रक्रिया पूरी कर किसानों के बैंक खाते में अनुदान की राशि भेज दी जायेगी केन्द्र और राज्य सरकार ने माना है कि संदिग्ध दिमागी बुखार यानी एईएस से लीची का कोई संबंध नहीं है पटना हाई कोर्ट में दिये हलफनामे में केन्द्र ने कहा है कि एईएस को लीची से जोड़ना मात्र अफवाह है बिहार लीची उत्पादक संघ की ओर से दायर मामले में केन्द्रीय कृषि विभाग के सचिव और बिहार कृषि उत्पादन आयुक्त की ओर से यह हलफनामा दायर किया गया है राज्य के सभी पंचायतों में आहर पईन से सिंचाई कर वसूलने और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी पंचायतों को दी जायेगी इस संबंध में लघु जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा नई व्यवस्था का उद्देश्य जल जीवन हरियाली अभियान को आगे बढ़ाना और राज्य में भूमिगत जल के स्तर को बेहतर करना है केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश के कम से कम सत्तर प्रतिशत शिश्राओं को मां का दूध उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है बाद में इसे बढ़ाकर सौ प्रतिशत किया जायेगा ब्राजील में मातृ द्रग्ध बैंक की सफलता से प्रेरित होकर भारत ने भी ऐसा ही व्यापक नेटवर्क बनाने का फैसला किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने जिले में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर असंतोष जताते हुये अधिकारियों को गोल्डेन कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है योजना की समीक्षा बैठक में श्री सिंह ने निर्धारित लक्ष्य तीन लाख सत्तर हजार के विरूद्ध मात्र पचास हजार गोल्डेन कार्ड बनाये जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी उन्होंने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय से भी बात की है राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत तीस सितम्बर तक रिक्त हुये पदों की सूची मांगी है आयोग ने जिला परिषद सदस्य पंचायत समिति सदस्य मुखिया वार्ड सदस्य सरपंच और पंच के रिक्त पदों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने को कहा है तीस जून तक पंचायतों में अठारह सौ विभिन्न पद रिक्त थे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में दस वर्ष की छूट देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से परामर्श मांगा है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छठ पूजा के बाद इस पर विधि विभाग द्वारा अपना मंतव्य दिया जायेगा एसटीईटी का आयोजन सात नवम्बर को होना है लेकिन अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है वैशाली और सीतामढ़ी जिले के कई पंचायतों के पानी में खतरनाक रासायनिक तत्व आर्सेनिक की पुष्टि हुई है वैशाली जिले के पन्द्रह प्रखंडों की छियानवे पंचायतों के पांच सौ दो वार्ड के पानी में आर्सेनिक खतरनाक स्तर पर पाया गया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा करवाई गयी जांच में सीतामढ़ी जिले में भी कई पंचायतों में आर्सेनिक की मात्रा तय सीमा से अधिक पायी गयी है पीएचईडी मुजफ्फरपुर के अधीक्षण अभियंता सुद्धेश्वर प्रसाद यादव ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ नल का जल योजना के तहत लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर दिया गया है कल नहाय खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरूआत होगी शुक्रवार को खरना शनिवार को शाम का अर्घ्य और रविवार को प्रातःकालीन अर्घ्य होगा छठ को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों की मरम्मत की जा रही है घाटों की सफाई भी युद्धस्तर पर जारी है छठ घाटों पर बिजली और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही बैरिकेडिंग भी की जा रही है घाटों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किये जा रहे हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती का फैसला किया गया है छठ के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंडाधिकारियों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि विभिन्न नदियों नहरों और तालाबों के किनारे छठ घाटों को बनाने का काम तेजी से हो रहा है प्रशासन ने छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने और गैस वाले गुब्बारे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है इधर छठ को लेकर बाजार में काफी चहल पहल देखी जा रही है सूप दउरा मिट्टी के चूल्हे आम की लकड़ी और फल सहित अन्य सामग्रियों से बाजार सज गये हैं पटना में बिस्कोमान की ओर से सेब और नारियल की रियायती दर पर बिक्री की व्यवस्था की गयी है यहां सेब पचहत्तर रूपये प्रति किलो और नारियल पच्चीस रूपये प्रति नग की दर से उपलब्ध है रेलवे ने सहरसा और भागलपुर के बीच तीस अक्टूबर से पच्चीस नवम्बर के बीच प्रतिदिन डेमू ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है यह ट्रेन सहरसा से सुबह सात बजकर चालीस मिनट पर खुलेगी वहीं वापसी में भागलपुर से यह ट्रेन शाम साढ़े चार बजे सहरसा के लिए रवाना होगी पटना में डेंगू से बिहार प्रलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गयी मृतक का पाटलिपुत्र के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था वे भोजपुर जिले के कवड़ा गांव के रहने वाले थे

कल एनएमसीएच में बत्तीस मरीजों में डेंगू और दो में चिकुनगुनिया की पुष्टि हुई है वहीं पीएमसीएच में एक सौ इकतालीस मरीजों के खून के नमूने जांच के लिए लिये गये समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने आया एक कैदी प्रलिस को चकमा देकर फरार हो गया इस संबंध में स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है नवादा जिले के सिरदला प्रखंड क्षेत्र की जर्रा बाबा पहाड़ी पर आयोजित दंगल में जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के पहलवान आशिष कुमार ने पंजाब के पहलवान बप्पी को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया

पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अन्तर्गत राइसबाग गांव के पास दो मोटरसाईकिल के बीच हुई टक्कर में दो युवक समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित मोटरसाईकिल के सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकरा जाने के कारण मोटरसाईकिल सवार तीन यूवकों की मौके पर ही मौत हो गयी अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अन्तर्गत शंकरपुर धमदाहा गांव स्थित एक तालाब में स्नान करने के दौरान डूबने से एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत हो गयी कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक पिकअप वैन से एक सौ सड़सठ कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है जस्टिस बोबड़े नये सीजेआई नियुक्त दैनिक जागरण की सुर्खी है कुलगाम में आतंकियों ने पांच गैर कश्मीरी मजदूरों को मार डाला प्रभात खबर ने लिखा है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार की दूसरी बार आज होगी ताजपोशी दैनिक भास्कर की सुर्खी है सोनपुर मेले में इस बार हर गांव की जमीन का मिलेगा नक्शा डेढ़ सौ रूपये रहेगी कीमत महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच सरकार गठन को लेकर जारी मतभेद को राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है पचास पचास का कोई वादा नहीं दैनिक आज सहित सभी समाचार पत्रों ने चित्रगुप्त पूजा और भाईदूज से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है

छठ घाटों को दिया जा रहा है अंतिम रूप